राजीव कुमार उपाध्यक्ष जबकि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह को पदेन सदस्य बनाया गया

यूनेस्को की धरोहरों की अस्थायी सूची में इन्हें शामिल किया गया है

लू चलने से झुलसे लोग

आज ब्रिस्टल में दोपहर बाद तीन बजे श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा नीति आयोग प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग के पुनर्गठन की मंजूरी दे दी है प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष होंगे वी के सारस्वत रमेश चन्द और डॉक्टर वीके पॉल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंदरजीत सिंह आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे ओरछा धरोहर प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित ओरछा की ऐतिहासिक धरोहरों को यूनेस्को में स्थान मिला है यूनेस्को की धरोहरों की अस्थायी सूची में इन्हें शामिल किया गया है गौरतलब है कि किसी ऐतिहासिक विरासत या स्थल का विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जगह पाने से पहले अस्थायी सूची में शामिल होना जरूरी है इसके बाद ही इन्हें यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल किया जा सकता है रक्षामंत्री जैत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जैत पहुंचकर पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराजसिंह चौहान के पितृशोक में शामिल होंगे

श्री सिंह जैत से भोपाल होते हुए दिल्ली रवाना होंगे राज्यपाल आव्हान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि युवा गांवों में जाकर विकास में योगदान दें उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वे ग्रामीण जन को बदलाव के लिए प्रेरित करें पटेल कल राजभवन में नेहरू युवा केन्द्र के सम्मान समारोह में युवाओं को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि ग्रामीण जन प्रतिभा और दक्षता से भरपूर हैं आवश्यकता उन्हें विकास कार्यों में सहभागिता के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करने की है

प्रधान उज्जैन केंद्र की नई सरकार के गठन के बाद केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेद्र प्रधान पहली बार कल उज्जैन पहंचे उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन एवं आरती की इस दौरान श्री प्रधान ने कहा कि देश के सामान्य एवं गरीब वर्ग ने देश के प्रधानमंत्री मोदी पर विश्वास जताया है जिसे किसी भी हालत में टूटने नहीं दिया जाएगा बाघ रेस्क्यू सिवनी के वन परिक्षेत्र परासपानी से वन विभाग की टीम ने बाघ को रेस्क्यू कर लिया बाघ को मुकुंदपुर भेजने की कार्यवाही की जा रही है

श्री नाथ के अनुसार उनके इस प्रस्ताव के मान्य होने से छूटे गये गाँव भी सब पक्की सड़कों से जुड़ जाएंगे श्री नाथ ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से उनके निवास पर भेंट की और प्रदेश के विकास के कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की

उन्होंने कहा कि यदि यह अनुमतियाँ मिल जाती हैं तो प्रदेश को काफी अधिक मात्रा में राजस्व आय की प्राप्ति होगी संघाई सहयोग शंघाई सहयोग संगठन के अगले सप्ताह होने वाले शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान के बीच द्विपक्षीय बैठक निर्धारित नहीं है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कल बताया कि मेरी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तथा पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बीच किसी द्विपक्षीय बैठक की योजना नहीं है

इन अध्यादेशों में तीन तलाक पर रोक संबंधी अध्यादेश भी शामिल है

फिर से निर्वाचित होने के बाद सत्ता में आयी नरेंद्र मोदी सरकार ने उन प्रस्तावित कानूनो पर फिर से जोर देने का फैसला किया है

लू ने लोगों को झुलसाकर रख दिया है

आज भी गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है

मौसम विभाग ने आज छतरपुर सागर दमोह रायसेन राजगढ़ ग्वालियर गुना श्योपुरकलां भिंड मुरैना दतिया और होशंगाबाद जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है

आज ब्रिस्टल में दोपहर बाद तीन बजे श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा

मत्स्य प्रजजन काल को देखते हुए नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत यह आदेश जारी किया गया है

कार्यक्रम में शिक्षाविद् श्री माधव परांजपे शामिल हुए

राजपूत समाज द्वारा शौर्य यात्रा निकाली गई

यह पांच दिनों तक चलेगा

राजीव कुमार उपाध्यक्ष जबकि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और अमित शाह को पदेन सदस्य बनाया गया

यूनेस्को की धरोहरों की अस्थायी सूची में इन्हें शामिल किया गया है

लू चलने से झुलसे लोग

आज ब्रिस्टल में दोपहर बाद तीन बजे श्रीलंका का सामना पाकिस्तान से होगा